यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इसके साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा का समापन भी हो जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बंधाई दी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास पर परम्परानुसार शस्त्रों और वाहन की पूजा की राजधानी भोपाल में विजयादशमी पर शहर के छोला मैदान संत हिरदाराम नगर कोलार भेल बाग मुगलिया सहित कई स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन किये जा रहे हैं शहर में दूर्गा प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दशहरे का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ग्राम तनोडिया में सालों से चली आ रही परम्परा के अनुसार शारदीय नवरात्रि में मिट्टी और मटकों से बने रावण को पत्थरों से मारा जाता है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में रावण के पूतले का दहन किया जाता है श्योपूर शाजापूर विदिशा धार खरगोन सतना मुरैना शिवपुरी खंडवा साहित अन्य जिलों में भी दशहरे पर्व के हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं कई स्थानों पर रावण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं प्रतिमा विसर्जन प्रदेश भर में कल से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा है जो अभी तक जारी है प्रशासन ने मूर्तियों का विसर्जन नगर निगम की क्रेन से किए जाने की व्यवस्था की है इसके अलावा सभी विसर्जन घाटों पर गोताखोर और नाविक और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं

बड़े तालाब के प्रेमपुरा घाट पर एक बड़ा कूंड बनाया गया है राजनाथ केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फ्रांस भारत का महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी है और दोनों देशों के बीच विशेष संबंध औपचारिकताओं से परे हैं श्री सिंह ने दो दिनों की फ्रांस यात्रा पर आज यहां पहुंचने पर ट्वीट कर कहा कि फ्रांस आकर प्रसन्नता महसूस हो रही है श्री सिंह अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस के मेरिगनाक में एक समारोह के दौरान राफेल विमानों की खेप हासिल करेंगे इस दौरान श्री सिंह राफेल से उड़ान भी भरेंगे रक्षा मंत्री कल फ्रांस के रक्षा उद्योग के अधिकारियों को संबोधित करेंगे

इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना ँ अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर वायू सैनिकों का अभिवादन किया है केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह ने एक ट्वीट संदेश में वायू सेना को बधाई देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता और समर्पण राष्ट्र के लिये गौरव की बात है

बृहस्पतिवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की किम हयांग मी से होगा

दुर्घटना रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से जीप में सवार पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस सूत्रों के अनुसार कल देर रात रीवा मीर्जापुर मार्ग पर खटकरी के समीप यह हादसा हुआ